प्रधान न्यायधीश रंजन गोगाई की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि अरबों रूपये के इस सौदे में निर्णय लेने की प्रक्रिया पर आशंका नहीं की जा सकती पीठ ने यह भी कहा कि किसी निजी पक्ष के साथ व्यापारिक पक्षधरता करने का कोई ठोस सबूत भी उपलब्ध नहीं है प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली तीन न्यायाधीशों की पीठ की ओर से न्यायमूर्ति गोगोई ने फैसला पढ़कर सुनाया उन्होंने कहा कि लड़ाकू विमानों की खरीद प्रक्रिया में हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं पाया गया उच्चतम न्यायालय के फैसले के बाद भाजपा अध्यक्ष अमित शाह ने कहा कि रफाल सौदे के बारे में कोर्ट का फैसला राजनैतिक फायदा उठाने के लिये कांग्रेस अध्यक्ष के द्वारा गलत सूचनायें फैलाने का अभियान का पर्दाफाश कर देता है वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आंनद शर्मा ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय के फैसले को कांग्रेस की नकामी के रूप में नहीं देखा जाना चाहिये उन्होंने कहा कि कांग्रेस रफाल सौदे में जांच के लिये संयुक्त संसदीय समिति की मांग करती रहेगी

गौरतलब है कि कल शाम भोपाल में विधायक दल की बैठक में उनके नाम पर मोहर लगाई गई विधायक दल की बैठक में पार्टी के राष्ट्रीय पर्यवेक्षक और वरिष्ठ नेता एकेएन्टोनी ने बताया कि श्री नाथ को विधायक दल का नेता मनोनीत किया गया है बाद में सांसद ज्योतिरादित्य ने उनके नाम का प्रस्ताव रखा जिसे विधायकों ने सर्वसम्मत से अनुमोदित कर दिया

मौसम वैसे तो दिसम्बर महीने में प्रदेश में तेज सर्दी पड़ने लगती थी लेकिन इस दफा ठंड की आमद में देरी हुई लगातार बदलते मौसम के बीच अब प्रदेश में ठंड पड़ने लगी है खासतौर पर सुबह और रात में तापमान में खासी गिरावट मौसम विभाग के अनुसार उत्तर भारत में पड़ रही तेज सर्दी और ठंडी हवाओं के चलने के साथ साथ राजस्थान के पूर्वी हिस्से में चक्रवात बन जाने से भोपाल सहित पूरे प्रदेश के तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है

इसक अलावा रीवा शहडोल उज्जैन और ग्वालियर संभाग में तापमान सामान्य से अधिक तथा शेष संभागों के जिलों में तापमान सामान्य रहा